यह विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा इस संस्थान से देश में ब्नियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोष बनाया जा सकता है आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इसके लिए श्रूआती अन्दान पांच हजार करोड़ रूपए का होगा और इतनी ही राशि तक का अतिरिक्त अन्दान होगा उन्होंने बताया कि सरकार इस संस्थान को क्छ प्रतिभूतियां जारी करने पर भी विचार कर रही है जिससे कोष की लागत कम हो सकेगी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को बाजार से बडी राशि प्राप्त होने की आशा है उन्होंने बताया कि संस्थान अगले क्छ वर्षो में तीन लाख करोड़ रूपए तक जुटा सकता है संस्थान को दस साल की लम्बी अवधि के लिए क्छ कर लाभ दिए जाएंगे भारतीय स्टैम्प अधिनियम को भी संशोधित किया जा रहा है संस्थान की संरचना के बारे में श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इसके लिए एक पेशेवर बोर्ड होगा जिसमें कम से कम पचास प्रतिशत गैर अधिकारी निदेशक होंगे बोर्ड में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा उन्होंने बताया कि सरकार इस संस्थान को पूरी तरह पेशेवर बनाना चाहती है ताकि यह बाजार की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके

म्ख्यमंत्री ने अधिकारियों को जोरम कोलोरियांग सड़क और होलोंगी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को त्वरित गति से पूरा करने का निर्देश दिया श्री खांड्र ने मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया राज्यभर के जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन पर म्ख्यमंत्री ने परियोजना एजेंसियों से कार्य को जल्द पूरा करने को कहा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल काम काज के लक्ष्य को पूरा करने के विषय में म्ख्यमंत्री ने कहा कि आगामी अप्रैल महीने से वित्त और योजना विभाग सभी फाईल्स डिजिटल माध्यम से स्वीकार करेंगे और हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं किया जायेगा उन्होंने कहा कि इससे कामकाज में पादर्शिता स्निश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा सेला टनल के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हए म्ख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हए सीमा सड़क संगठन से परियोजना कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी जिला उपायुक्तों से दिव्यांजनों अनाथ बुजूर्ग व्यक्तियों और गरीब लोगों की सहायता के लिए उनके जिलों में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों की पहचान करने और पारदर्शी तरीके से उन्हें सरकारी अन्दान देने का निर्देश दिया

कल राज्य भर में कोविड जांच के लिए दो सौ चौवन सैंपल लिये गए

आईटीबीपी के जवानों ने विधानसभा अध्यक्ष और पीएचई मंत्री से सड़क और बॉडर पोस्ट के विकास से जूड़े मुद्दे पर बातचीत की उन्होंने स्थानीय प्रशासन और नागरिको के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया इससे पहले श्री लोवांग ने कल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एण्ड वाटर सप्लाई डिविजन के नव निर्मित कार्यालय भवन का उदघाटन किया उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष के साथ शी योमी जिले के सिंगबिर वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट का उदघाटन किया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के य्वाओं में नशे की बढ़ती लत को लेकर सरकार चिंतित है और इस समस्या का समाधान के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर जागरुकता अभियान के अलावा नशा म्क्ति केंद्र स्थापित किये जा रहे है उन्होंने कहा कि नशे की लत के शिकार लोगों के प्नर्वास के क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठनों को राज्य सरकार आवश्यक सहायता देगी श्री लिबांग ने पंचायत सदस्यों और समाज के वरिष्ठ नागरिकों से अपने क्षेत्र में लोगों को नशे से स्वास्थ पर पड़ने वाले ब्रे असर के बारे में लोगों को जागरुक करने की अपील की

इस अवसर पर भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के राज्य सचिव शेहांग रोनरांग स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर सी लोवांग राज्य प्रशिक्षण आयक्त केम्पी पाकंग और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मार्केन काद मौजूद थे अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने राज्य में कोविड महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स के योगदान की सराहना की